इस जलेब में सैंकड़ों देवी देवता भाग लेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र बतौर मुख्य अतिथि इस महोत्सव में शिरकत करेंगे

ज़िला प्रशासन ने शिवरात्रि महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में कई जाने माने कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे आज की सांस्कृतिक सांध्या में कंवर ग्रेवाल नरेन्द्र ठाकुर और गीता भारद्वाज अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार भेजने का आग्रह किया है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या ऑन माइ जीओवी पर लिख सकते हैं

जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रालय के तहत सभी मीडिया इकाईयों को सूचना और प्रसारण टीम के रूप में कार्य करने को कहा है ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में मंत्रालय की दक्षिण क्षेत्र की मीडिया इकाईयों के अधिकारियों के दो दिन के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए कही एक भारत श्रेष्ठ भारत हिमाचल प्रदेश में केरल की तर्ज पर पंचकर्मा को पर्यटन के साथ जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है केरल में पंचकर्मा पद्धति से देश विदेश के लोग विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने पहुंचते हैं राज्य सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है प्रदेश के पंचकर्मा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर सुजित होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा नमरंगस लाहौल स्पिति ज़िले की गाहर घाटी में नमरंगस त्यौहार मनाया जा रहा है इस दौरान बुजुर्ग व युवा तीर धनुष का खेल खेलते हैं गाहर घाटी में सदियों से ये उत्सव मनाया जाता है मान्यता है कि तीर धनुष का खेल खेलने से आसुरी शक्तियां दूर भागती हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश में हुई बर्फबारी से जुड़ी खबर को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है कुफरी जाखू चायल समेत प्रदेश की चोटियां फिर हुई सफेद

पंजाब केसरी के शब्द हैं बर्फबारी में फंसे सात यात्री रेस्क्यू अभी और बर्फबारी के आसार दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में बारिश के साथ हिमपात आपका फैसला के अनुसार शिमला सहित ऊपरी क्षेत्र में ताजा बर्फबारी उमड़े सैलानी

अजीत समाचार के मुताबिक शिमला कालका ट्रैक पर दौड़ा स्टीम इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से छिन गया करोड़ों का काम शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है शिक्षा विभाग ने लिया छात्रों को खुद लैपटॉप खरीद कर देने का फैसला हिमाचल दस्तक की खबर है विधानसभा से निकलेगा कैबिनेट के लिये रास्ता लोकसेवा आयोग की खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है हिन्दी लेक्चरर की परीक्षा रद्द दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पीजीटी हिन्दी का एग्जाम रद्द दिव्य हिमाचल की एक खबर है मेजर सोमनाथ सहित हिमाचल के आठ जांबाजों के बनेंगे भव्य स्मारक गोवंश संरक्षण को अब शराब की हर बोतल पर मिलेंगे डेढ़ रुपये शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है प्रदेश की नई आबकारी नीति में किया प्रावधान दैनिक भास्कर मुख्य सचिव के हवाले से लिखता है दिल्ली दौरे पर कम फील्ड पर ज्यादा ध्यान दें अफसर